राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को विशेष नीति बनाकर प्रवासी श्रमिकों को रोजगार सुनिश्चित करने के दिए निर्देश

प्रदेश के मौसम में उतार चढाव का दौर जारी कल कई स्थानों पर आंधी के साथ हुई बारिश

वहीं नये मरीजों के आने का सिलसिला भी जारी है

लेकिन जोधपुर और भरतपुर में नये मरीजों की अप्रत्याशित वृद्धि चिंता का विषय भी बनी हुई है

इधर चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा ने कहा है कि कोरोना की रोकथाम के लिए सरकार का पूरा ध्यान टेस्टिंग पर है

वंदे भारत अभियान के तीसरे चरण में विभिन्न देशों से सात उड़ानें जयपुर हवाई अड्डे पर पहुंचेगी इनके माध्यम से करीब एक हजार प्रवासी राजस्थानी स्वदेश लौटेंगे

उन्होंने बताया कि अब घरेलू उड़ानों में भी यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है

मंत्रालय ने इस संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक परामर्श जारी किया है

उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा है कि लॉकडाउन के कारण प्रदेश में रूके सड़क विकास कार्य फिर शुरू हो गए हैं

राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि आजीविका का नुकसान होने के कारण प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवारों को भुखमरी का सामना न करना पड़े श्रमिकों की घर वापसी को लेकर आ रही समस्याओं के समाधान को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर न्यायाधीश संगीत लोढा और न्यायाधीश रामेश्वर व्यास की खंडपीठ ने सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रखा था कल फैसला सुनाते हुए खंडपीठ ने कहा कि प्रवासी श्रमिको को रोजगार देर्न में आने वाली समस्याओं से निपटने के लिए राज्य को अल्पकालिक और दीर्घकालिक नीति बनानी चाहिए भारत पाक सीमा पर तैनात बीएसएफ की महिला जवानों को अब बोर्डर आउट पोस्ट पर ड्यूटी में आसानी रहेगी

इस कार्यक्रम के तहत पहली बार इतनी बडी राशि का प्रावधान किया गया है

इधर प्रदेश में लॉकडाउन के कारण देश के विभिन्न राज्यों से लौटे लोगों के लिए मनरेगा योजना वरदान साबित हुई है

मनरेगा आयुक्त पी सी किशन ने बताया कि मनरेगा के तहत रोजगार देने के मामले में राजस्थान शीर्ष राज्य बना हुआ है इन कार्यो में प्रवासी श्रमिकों पर विशेष ध्यान दिया गया है

प्रदेश के मौसम में लगातार उतार चढाव का दौर बना हुआ है कल राज्य के कुछ स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश दर्ज की गयी प्रतापगढ जिले में देर शाम धूलभरी आंधी के साथ जमकर बारिश हुई कई स्थानों पर पेड गिरने से बिजली के तार टूट गये और बिजली आपूर्ति पर असर पडा हालांकि बारेरिश के बावजूद राज्य के कई स्थानों पर तापमान में मामूली बढोतरी दर्ज की गयी है